निजी कंपनियां आधार से सम्बधित जानकारी नहीं मांग सकेंगी

उच्चतम न्यायालय ने आज केन्द्र सरकार की योजना आधार जो संवैधानिक वैद्य करार दिया है

आज फैसला स्नाते हए म्ख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्षता में सर्वोच्च न्यायालय की पांच न्यायाधीशों वाली संवैधानिक पीठ ने कहा है कि आधार का उद्देश्य समाज के बेहद पिछड़े वर्ग तक लाभ पहंचाना है क्योंकि विशिष्ठ पहचान प्रमाण इन वर्गो को सशक्त बनाने और एक पहचान दिलाने का काम करता है

परन्त् न्यायालय ने कहा कि सरकारी योजनाओं और सबसिडी का लाभ लेने के लिए विशिष्ट संख्या का प्रयोग किया जा सकता है इस मुद्दे के फैसले पर तीन सेट सुनाए गए जिनमें से पहला न्यायमूर्ति ऐ के सूत्रों ने पढ़ा

न्यायाधीश सीकरी ने कहा कि डाटा सुरक्षा की एक सशक्त व्यवस्था जल्द से जल्द बनाई जानी चाहिए

उन्होंने डुप्लीकेट यानि नकली आधार प्राप्त करने की संभावना से भी इन्कार किया क्योकि आधार योजना के तहत प्रामाणीकरण के लिए सम्चित स्रक्षा तंत्र है न्यायालय ने कहा कि आधार कार्ड में ऐसा क्छ नहीं है जिससे व्यक्ति की निजता के अधिकार का उल्लघंन होता है सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि किसी बच्चे के आधार कार्ड न लाने की स्थिति में उसे किसी योजना के लाभ से वंचित नहीं किया जा सकता न्यायालय ने ये भी कहा कि स्कूलों में दाखिले के लिए आधार अनिवार्य नहीं है और सीबीएससी नीट और यूजीसी भी आधार को अनिवार्य नहीं बना सकते है हालांकि संविधान पीठ ने अधिनियम के तहत राष्ट्रीय स्रक्षा अपवाद की धारा समाप्त की दी और सरकार को निर्देश दिये है कि देश में अवैध रूप से आने वाले आधार जारी न किया जाये जबकि न्यायालय ने ये भी कहा कि आधार के बैंक से जोड़ना अनिवार्य नहीं है साथ ही दूर संचार सेवा प्रदाता भी आधार से जोड़ने के लिए कह सकते द्रसरी ओर न्यायालय ने कहा कि आयकर रिर्टन के लिए और स्थायी खाता संख्या यानि पैन का आवेदन करने के लिए ये अनिवार्य होगा वित्तमंत्री अरूण जेटली ने आधार के उच्चतम न्यायालय के फैसले को ऐतिहासिक बताया है नई दिल्ली मे पत्रकारों से बातचीत में श्री जेटली ने कहा कि विशिष्ट पहचान संख्या की सम्पर्ण अवधारणा का न्यायिक समीक्षा के बाद स्वीकृत होना स्वागत योग्य निर्णयहै भाजपा और कांग्रेस पार्टी ने आधार को लेकर सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का स्वागत किया है नई दिल्ली में पत्रकारों से बातचीत में भाजपा के प्रवक्ता सम्बित पात्रा ने कहा कि उच्चतम न्यायालय का फैसला सरकार की बड़ी जीत है और ये फैसला गरीबों को मज़बूती देगा

सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र के अन्सूचित जाति एवं अन्सूचित जनजाति की समस्त आबादी को तरक्की में आरक्षण देने की दलील को भी ठ्करा दिया यह निर्णय म्ख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पांच न्यायाधीशों की संविधान खंडपीठ ने सर्वसम्मति से स्नाया अदालत ने कहा कि राज्यों को अन्सूचित जाति एवं अन्सूचित जनजाति कर्मचारियों को नौकरी पदोन्नति में आरक्षण देने के लिए अन्सूचित जाति अन्सूचित जनजाति की पिछड़ेपन पर मात्रात्मक आंकडा एकत्र करने की जरूरत नहीं है

पंडित भगवत दयाल शर्मा स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय रोहतक के क्लपति डा ओ पी कालरा ने कहा है कि वर्तमान में श्री कृष्णा आश्ष विश्वविद्यालय क्रूक्षेत्र से सम्बधित सभी आय्र्वेदिक महाविदयालयों के बीएएमएस तथा डी फार्मा दवितीय वर्ष के िवदयार्थियों का परीक्षा परिणाम वीरवार तक घोषित कर दिया जायेगा तथा विदयार्थियों को परीक्षा कैलेंडर को शीघ्र किया जायेगा वे आज श्री कृष्णा आयर्वेद महाविद्यालय के उप प्राचार्य डॉ देवेन्द्र ख्राना के नेतृत्व में चार महाविदयालयों के प्राचार्यो दवारा बीएएमस तथा डी फार्मा का परीक्षा कैलेंडर सौंपे के मौके पर ये जानकारी दी उन्होंने कहा कि कृष्णा आयुष विश्वविदयालय कुरूक्षेत्र के कुलपति डॉ बलदेव कुमार दवारा इस समबध में न कमेटी का गठन किया गया अपित् पंडित भगवत दयाल शर्मा स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय रोहतक प्रशासन से भी बात की गई जिसके परिणाम स्वरूप इस प्रकार के सकारात्मक परिणाम प्राप्त हो रहे है

चंडीगढ़ औषधि विक्रेता संघ के प्रधान विजय आनंद और महासचिव विजय जैन ने कहा कि ऑन लाइन औषधालयों से देश की जनता के स्वास्थ्य और आम औषधि विक्रेता के कारोबार को खतरा है

उन्होंने कहा कि दवाओं की कीमतों का नियंत्रण व संचालन सरकार द्वारा किया जाता है

पंचकूला के उपाय्क्त मुकूल क्मार ने आज सरल पोर्टल की जिला स्तरीय कार्यशाला में ये जानकारी दी